राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा कि प्रकाश का ये पर्व ब्राई पर अच्छाई व अंधकार पर उजाले की विजय का प्रतीक है उन्होंने उम्मीद जताई कि ये पर्व प्रदेशवासियों के जीवन में खुशहाली और समृद्धि लेकर आएगा मुख्यमंत्री जयराम ठाकर ने अपने संदेश में कहा कि दीपावली का ये पर्व आपसी स्नेह व भाईचारे की भावना को और मज़बूत करेगा उन्होंने प्रदेशवासियों से पारम्परिक रूप से सुरक्षित दीपावली मनाने का आग्रह भी किया है विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल सहित प्रदेश मंत्रिमण्डल के सदस्यों ने भी इस पर्व पर लोगों को अपनी शुभकामनाएं दी हैं मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दीपावली के अवसर पर आज टूटीकंडी बालिका आश्रम का दौरा किया और बालिकाओं को मिठाई फल व पटाखे वितरित किए इस अवसर पर उन्होंने कहा कि रोशनी का ये पर्व हमें विपरीत परिस्थितियों में भी उम्मीद न छोड़ने का संदेश देता है जयराम ठाकुर ने कहा कि जीवन में कड़ी मेहनत से ही सफलता प्राप्त की जा सकती है उन्होंने आश्रम के सुदृढ़ीकरण के लिए पर्याप्त धनराशि के प्रावधान का आश्वासन भी दिया इस अवसर पर मुख्यमंत्री के साथ उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर साधना ठाकुर भी मौजूद रहीं

दीपावली पर्व के ठीक एक दिन पहले मनाई जाने वाली नरक चतुर्दशी को छोटी दिवाली रूप चौदस और काली चतुर्दशी भी कहा जाता है आज के दिन शाम को दीप दान की प्रथा है इस दिन आयु के देवता यमराज की उपासना की जाती है और उनके लिये दीप दान किया जाता है मान्यता है कि कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी के विधि विधान से पूजा करने वाले व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है अनुराग ठाकुर केन्द्रीय वित्त व कॉरपोरेट मामले राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर में आज सांसद स्टार खेल महाकुम्भ में विजेता टीमों और खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया

उन्होंने कहा कि इस महाकुम्भ के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खेलो इंडिया और फिट इंडिया अभियान को गति मिली है

उन्होंने कहा कि युवाओं को नशे से दूर रखने व उनकी ऊर्जा को सकारात्मक कार्यो में लगाने के लिए खेल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं

महेन्द्र सिंह सिंचाई व जन स्वास्थ्य मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर ने आज मण्डी जिले के धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में लगभग डेढ़ करोड़ रूपए के विभिन्न विकास कार्यों के उद्घाटन व शिलान्यास किए उन्होंने मंडप में नई उप तहसील का शुभारम्भ करते हुए कहा कि उपतहसील के खुलने से लोगों को राजस्व संबंधी कार्यो के लिए सुविधा होगी

शिविर लाहौल स्पीति जिले के कुकुमसेरी में कृषि विभाग द्वारा प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के तहत आज एक शिविर व किसान मेले का आयोजन किया गया इस अवसर पर कृषि मंत्री रामलाल मारकण्डा ने कहा कि लाहौल स्पीति को प्राकृतिक खेती अपनाने वाला प्रदेश का पहला जिला बनाने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं

इस अवसर पर कृषि विज्ञान केन्द्र कुकुमसेरी के वैज्ञानिकों ने लोगों को वैज्ञानिक ढंग से खेती करने की जानकारी भी दी सैजल सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल ने लोगों से उचित दिनचर्या अपनाने का आहवान किया है कल सांय आरोग्य भारती संस्था द्वारा आयोजित एक संगोष्ठि में उन्होंने कहा कि स्वस्थ रहने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को योग सहित उचित आहार व्यवहार व दिनचर्या को अपनाना चाहिए उन्होंने संस्था के प्रयासों की सराहना भी की